मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के एक दिन पहले छब्बीस अक्तूबर को अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव मेले का खर्च अब जिलाधिकारी के जरिए राज्य सरकार उठाएगी और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी मंत्रिमंडल की बैठक में कल तेरह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई इनमें रायदरेली जिले में अमृत योजना के तीसरे चरण के लिए एक सौ सतासी दशमलव एक सात करोड़ रुपए का आवंटन काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए लाहौरी टोला स्थित निर्मल मठ के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी भी शामिल हैं कैंबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक नीति प्रबंधन को भी मंजूरी दी है इसके तहत सफाईकर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कदम उठाए जाएंगे मंत्रिमंडल ने सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान पर भी मुहर लगा दी है कैंबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक समिति गठित करने को भी मंजूरी दी है यह समिति पन्द्रह दिन के अंदर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देगी कैबिनेट की बैठक में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने वाली बॉलीवुड फिल्म सांड की आंख को मनोरंजन कर से मुक्त करने का भी फैसला किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे को खोलने के लिए कल एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे भारत ने पाकिस्तान से प्रत्येक श्रद्वालु के लिए बीस डॉलर सेवा शुल्क की मांग पर दोबारा विचार करने को कहा है भारत ने सेवा शुल्क लगाने में पाकिस्तान के अड़ियल रवैये पर निराशा व्यक्त की भारत पाकिस्तान से लगातार आग्रह कर रहा है कि श्रद्वालुओं की श्रद्वा को देखते हुए उसे सेवा शुल्क नहीं लेना चाहिए सिख धर्म के संस्थापक ग्रु नानक देव की पांच सौ पचासवीं जयंती मनाने के लिए पाकिस्तान के करतारपूर में गुरदासपुर और गुरुद्वारा दरबार साहिब में डेरा बाबा नानक को जोड़ने के लिए दोनों देशों द्वारा गलियारा बनाया गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही

प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका उत्साह स्पष्ट है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत बच्चों को तरजीह देने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि गम्मीर रूप से बीमार बच्चों को समुचित इलाज देने के लिए एक सर्वक्षण कराने की आवश्कता है अमेठी दौरे पर आयी राज्यपाल ने आज नगर के मलिक मोहम्मद जायसी जिला अस्पताल में आय्ष्मान भारत योजना के पात्रों को गोल्डन कार्ड वितरित किये राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है ऐसी योजनाओं से समाज और देश मजबूत होता है उन्होंने लोगों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है इस दौरान राज्यपाल ने अमेठी के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से इलाज की व्यवस्था के विषय में जानकारी ली उन्होंने परिसर में पैधरोपण भी किया उनके साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी उपस्थित थीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनायें दी है मुख्यमंत्री ने फोन के जरिये श्री शाह को जन्मदिन की दबाई देते हुये उनके स्वस्थ सुदीर्घ और सक्रिय जीवन की कामना की है केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कल से गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा गोरखप्र के महापौर सीताराम जायसवाल कल दोपहर दो बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे

कुशीनगर जिले के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बुन्देला राय का आज उनके पैतुक गांव फाजिलनगर क्षेत्र के लोहरवलिया में निधन हो गया वे लगभग एक सौ दो वर्ष के थे उन्होंने सन् उन्नीस सौ बयालिस के आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और आन्दोलन के दौरान ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पडरौना पर हमला करने के जुर्म में एक वर्ष की सजा गोरखपुर जेल में बितायी थी उनका अंतिम संस्कार आज पूर् राजकीय सम्मान के साथ उनके गाँव में किया गया